मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष से कोरोना महामारी को लेकर की चर्चा पूरा सहयोग देने का आग्रह किया केंद्र ने लोगों से आपसी संपर्क के समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने की की अपील श्रमिकों तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को जारी किया परामर्श प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडीयो जॉकीज से की चर्चा कहा अफवाहों को रोकने में आकाशवाणी की विशेष भूमिका

कल सात और लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है कल डूंगरपुर के पिता पुत्र कोरोना पॉजीटिव पाये गये ये लोग इन्दौर से वापस गृह जिले लौटे थे इसी प्रकार जयपुर चूरू और जोधपुर में भी एक एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है वहीं इस रोग से सब से ज्यादा प्रभावित भीलवाडा जिले में भी कल दो और मरीज मिले है

जयपुर के रामगंज में गुरूवार को मिले कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति का साथी भी कल पॉजीटिव पाया गया जिला प्रशासन ने एतिहात के तौर पर समूचे चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है इस दौरान मंदिर मस्जिद गुरूद्वारे गिरिजाघर सहित सभी धार्मिक स्थलों में आमजन दर्शनार्थियों श्रृद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल साफ सफाई या रखरखाव का काम ही किया जा सकेगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान भी धार्मिक स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए है केवल आवश्यक सेवाएं ही सुचारू रखने के लिए कहा गया है इधर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखे जाने के इंतजाम किए गए है उन्होंने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और पुलिस को सहयोग करें

मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं को इस महामारी से निपटने में सरकार का सहयोग करने को कहा मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में भाजपा नेताओं ने श्री गहलोत को आश्वासन दिया कि वे हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है इधर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वार उठाये गये कदमों की जानकारी दी है उन्होंने संकट की इस घडी में राज्य सरकार को केन्द्र के समर्थन का आग्रह भी किया श्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि केन्द्र इस महामारी से निपटने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देगा मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत कर केन्द्र से सहयोग का आग्रह किया

कृषि और उद्यानिकी के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने हरियाणा और पंजाब कृषि विभाग के अतिरिक्त शासन सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया कि किसान हित में राजस्थान में कंबाइन मशीनों के प्रवेश की अनुमति दी जाए गौरतलब है कि सरकार ने किसानों को फसल कटाई के दौरान मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करने की सलाह दी है जिससे कृषि कार्य के दौरान कोरोना वायरस के संकमण को फैलने से रोका जा सके

राज्यों को विद्यार्थियों और अन्य राज्यों से आई कामकाजी महिलाओं को अपने मौजूदा निवास में रहने की अनुमति देने के लिए कदम उठाने की सलाह भी दी गई है

नई दिल्ली में रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रेडियो जॉकीज के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने उनसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कार्य करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने दिन रात जनता की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों के बारे में भी अपने श्रोताओं को जागरूक बनाने का आग्रह किया

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए है